कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में डॉ बीडी कल्ला शांति धारीवाल परसादी लाल मीणा रमेश मीना प्रताप सिंह खाचरियावास विश्वेन्द्र सिंह रघ्रशर्मा लालचन्द कटारिया हरीश चौधरी उदयलाल चांदना प्रमोद जैन भाया मास्टर भंवर लाल मेघवाल और सालेह मोहम्मद शामिल हैं राज्यमंत्री की शपथ लेने वालों में गोविन्द सिंह डोटासरा ममता भूपेश अर्जुन बामनिया भंवर सिंह भाटी सुखराम विश्नोई अशोक चांदना टीकाराम जूली भजन लाल जाटव राजेन्द्र यादव तथा सुभाष गर्ग शामिल हे श्री गर्ग गठबंधन दल राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से भरतपुर से विधायक चुने गये हैं

उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में घोषणा पत्र को अनुमोदित करवाकर उस पर तेजी से काम किया जाएगा इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि नई सरकार जनता को अहसास कराना चाहेगी कि सरकार बदलने के साथ विकास कार्यों में तेजी आई है शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण पर ध्यान देगी

डॉक्टर बीडी कल्ला शांति धारीवाल परसादी लाल मीणा और प्रमोद जैन भाया को सचिवालय के मुख्य भवन में कक्ष आवंटित किये गये जबकि शेष मंत्रियों को मंत्रालय भवन में कक्ष आवंटित किये गये हैं

मंत्रालय ने ये आंकडें राजस्थान और मध्यप्रदेश में यूरिया की किल्लत संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जारी किये हैं मंत्रालय ने कहा है कि रबि फसलों के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने सभी उपाय किये हैं और राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में युरिया उपलब्ध है

इस अवसर पर संसद भवन सौंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्ता के रूप में अटल जी अत्लनीय थे और वह भारत के सर्वोत्तम वक्ताओं में शामिल हैं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जायेगी

इसलिए उसे इस पर गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे राजस्व की उगाही बढ़ती गई वैसे वैसे जी एस टी के अंतर्गत दरें कम की गई और अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स घटते गये श्री जेटली ने कहा कि विभिन्न स्लैब इसलिए निर्धारित किये गये ताकि किसी भी वस्तु पर कर में बहुत अधिक वृद्धि न हो और मुद्रास्फीति के प्रभाव पर नियंत्रण पाया जा सके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

आकाशवाणी समाचार से एक विशेष भेंटवार्ता में श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय की इन आश्रय गृहों के लिए प्रत्येक राज्य में एकल परिसर स्थापित करने की योजना है

इसका उद्देश्य उपभोक्ता आन्दोलन के महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में जागरूक करना है इस वर्ष का विषय है समय पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान

लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले गुरूवार को पारितकर दिया है

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद राहत नहीं मिल रही है

तेज सर्दी के बीच घने कोहरे से भी जनजीवन पर असर पडा है

जैसलमेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह घना कोहरा रहा

इस हादसे में दो जनों को चोटे आईं वहीं दूसरा हादसा चानी फांटे के पास हुआ जहां एक निजी बस और ट्यूरिस्ट बस से ट्रक टकरा गया

सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि उनके आग्रह पर केन्द्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है

सरपंच पर फर्जी टीसी द्वारा चुनाव लडने के आरोप हैं ्भरतपुर के दारापुर गांव में दारापुर केसरी ग्रामीण कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया